पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां मनाली के समीप ब्यास नदी में विसर्जित प्रदेशभर में हर्षोल्लास से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार विधानसभा का मॉनसून सत्र दो दिन के अवकाश के बाद कल शिमला में फिर होगा शुरू मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान कर अपना संकल्प पूरा किया है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संशोधन विघेयक पारित किया गया जिससे इन समुदायों के हितों की अधिक सुरक्षा हो सकेगी

अस्थि विसर्जन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज मनाली के समीप वशिष्ट स्थित ब्यास नदी में विसर्जित कीं इससे पहले श्री वाजपेयी को श्रद्वांजलि देने के लिए मनाली में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी को बहुमुखी व्यक्तित्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा हिमाचल प्रदेश और यहां के लोगों पर विशेष उदारता बनाए रखी जयराम ठाकुर ने कहा कि श्री वाजपेयी हृदय से एक कवि थे और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बड़े संदेश दिए उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी जब सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करते थे तो उनके विरोधी भी उनके भाषण को बड़ी उत्सुकता से सुनते थे वन मंत्री गोविंद ठाकूर और सांसद राम स्वरूप शर्मा ने भी अपने विचार साझा किए ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग श्रद्धांजलि समारोह और अस्थि कलश यात्रा में मौजूद रहे

स्थानीय विधायक पवन नैयर के अनुसार इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली गई हैं

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिले के कुटलैहड़ क्षेत्र को साहसिक व धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा कुटलैहड़ के तलमेड़ा में आज जन समस्याएं सुनने के दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से ये क्षेत्र प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर मुख्य रूप से अंकित होगा इसके अलावा बेरोज़गार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर भी मिल सकेंगे वीरेन्द्र कवर ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा के लिए शिमला से चण्डीगढ़ की तर्ज पर राज्य के अन्य प्रमुख पर्यटक स्थलों को भी हैली टैक्सी सेवा से जोड़ा जाएगा रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा बंधन पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ये पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है रक्षा बंधन के मौके पर बहनों ने अपने भाईयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी दीर्घायु और सुखद जीवन की कामना की किन्नौर ज़िले के सीमावर्ती क्षेत्र में भारत तिब्बत पुलिस बल के जवानों को स्थानीय महिलाओं ने राखी बांधी वहीं रिकांगपिओ स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कार्यालय परिसर में एबीवीपी की छात्राओं ने जवानों को राखी बांधी और देश की रक्षा करने के लिए उनका आभार जताया बिंदल इस बीच नाहन में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने रक्षाबंधन पर्व व ईद मिलन पर राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया इस अवसर पर विघानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोगों को रक्षाबंधन पर्व की बघाई दी और कहा कि ये त्योहार समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधता है उन्होंने कहा कि हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है और यहां विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं मेंट राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से आज चण्डीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में भेंट की आचार्य देवव्रत ने हरियाणा के राज्यपाल का कार्यभार सम्मालने पर उन्हें बधाई दी

उन्होंने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदना जताई मेला स्पिति घाटी के मुख्यालय काज़ा में राज्य स्तरीय लादरचा मेला समपन्न हुआ समापन अवसर पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और घाटी के लोगों को मेले की बधाई दी मारकंडा ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया

सत्र की शुरूआत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे इसके अलावा अन्य शासकीय और विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में जन मंच पूर्व गतिविधियां आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है

आघार कार्ड सिरमौर ज़िला प्रशासन ने लोगों से आधार कार्ड सरकार द्वारा प्राधिकृत केन्द्रों पर ही बनवाने की अपील की है ज़िले के अतिरिक्त उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि इस कार्य के लिए नाहन स्थित उपायुक्त कार्यालय और रेडक्रॉस सोसायटी भवन के अलावा पांवटा में एसडीएम कार्यालय में केन्द्र कार्यरत हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा के दौर में कुछ कमी आई है जिससे लोगों ने राहत महसूस की है अनेक भागों में आज मौसम खुश्क बना रहा हालांकि हल्के बादल भी छाए हुए हैं

इसकी पहचान राजस्थान के सीकर के रहने वाले संदीप के रूप में की गई है नाहन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार ये युवक कालाअंब में एक फैक्ट्री में कार्यरत था योजनाएं प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं बिलासपुर के उपायुक्त विवेक भाटिया ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं से किसान बागवान न केवल लामांन्वित हो रहे हैं बल्कि कृषि और बागवानी के प्रति उनका रूझान भी बढ़ा है